उन्होंने देश में कोरोना वायरस के आंकड़ों में हुई बढ़ौतरी के लिए जिम्मेवार निजामुदीन तब्लीगी ज़मात से संबंधित लोगों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को अन्य लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए बाहरी राज्यों से यात्रा कर आए लोगों को तुरंत घर पर क्वारंटाइन करें जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय शहरी निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की पहचान करने के लिए शामिल किया जाए

उन्होंने कहा कि इस निधि में जमा होने वाली राशि देश और प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने में सहायक सिद्ध होगी जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद हमेशा कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन जारी की है जबकि इस माह बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन का भुगतान भी महंगाई भत्ता वृद्धि के साथ किया है मुख्यमंत्री ने अपेक्षा जताई कि देश में कोरोना से पैदा हुई विकट स्थिति से निपटने के लिए राज्य के कर्मचारी सरकार को अपना सहयोग देंगे निगरानी कोरोना वायरस से संबंधित फर्जी समाचारों के प्रसार की जांच के लिए फेक न्यूज़ मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया गया है राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फर्जी समाचारों के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए प्रिंट इलैक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया में आने वाली खबरों पर निगरानी रखी जाएगी उन्होंने मीडिया से जुड़े सभी लोगों से भी अपील की कि डर का माहौल पैदा करने वाले अप्रमाणिक समाचार प्रसारित न करें

प्रवक्ता ने कहा कि ये यूनिट तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी

एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस निर्णय से सभी देशवासियों में राष्ट्रीयता एकजुटता और सौहार्द की भावना बढ़ेगी बिंदल ने इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने का भी आहवान किया नागरिक आपूर्ति प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए राशनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया है कि कर्फ्यू या अन्य किसी कारण से जो लोग अपने आवास से दूर फंस गए हैं ऐसे राशनकार्ड धारकों को विभाग उनके द्वारा चयनित उचित मूल्य की दुकान से जोड़ेगा

दैनिक जागरण की सुर्खी है हिमाचल में कोरोना से दूसरी मौत झाड़माजरी में ठहरी थी दिल्ली की वृद्ध महिला पीजीआई में तोड़ा दम अमर उजाला का शीर्षक है बद्दी में रह रही वृद्धा की कोरोना से पीजीआई में मौत टांडा में भर्ती पॉजिटिव महिला की रिपोर्ट भी नेगेटिव पंजाब के शब्द हैं बद्दी में रह रही महिला की कोरोना वायरस से मौत

दिव्य हिमाचल और दैनिक सवेरा टाइम्स का एक जैसा शीर्षक है कोरोना से हिमाचल में दूसरी मौत आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल में औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में कोरोना संक्रमित महिला की मौत

आपका फैसला की सुर्खी है कोरोना पॉजिटिव तीन जमातियों के खिलाफ केस दर्ज

पंजाब केसरी की एक खबर है तीन दिन के भीतर सरकार ने लिया एक हजार एक सौ बीस करोड़ का कर्ज अजीत समाचार लिखता है तीन माह के लिए आउटसोर्स पर होगी विभिन्न मेडिकल व पैरामेडिकल पदों की भर्ती आपका फैसला के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में तीन माह तक आउटसोर्स पर भर्ती को मंजूरी शिमला में कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले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

नमस्कार